सियांग इको सिस्ट रिकत करते हुए राज्य के पूर्व हथकरघा और हस्तशिल्प कमिशनर ताहांग ताग्गू रोगों से उत्सव को राजनीति और सांप्रदायिक मुद्दों से अलग रखकर मनाने वा कहा

पुलिस दल ने अभियुक्तको शुक्रवार ी रात राजधानी ईटानगर स्थित गंगा से गिरफ्